आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की आय की समीक्षा शुरू की

और पूरबा हवा चलने के कारण प्रदेशभर में लू से राहत

लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में रविवार को होने वाले मतदान के लिए चूनाव प्रचार आज शाम पांच बजे समाप्त हो जायेगा इस चरण में पटना साहिब पाटलिपुत्र सासाराम काराकाट बक्सर आरा जहानाबाद और नालंदा संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है इन क्षेत्रों में एक करोड़ बाबन लाख से अधिक मतदाता बीस महिला प्रत्याशियों समेत एक सौ सतावन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे सातवें चरण का लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों के कद के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस चरण में चार केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद आर के सिंह अश्विनी कुमार चौबे और रामकृपाल यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है इसके अलावा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और राजद के दिग्गज जगदानंद सिंह तथा मीसा भारती भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं इधर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार सैन्य पुलिस जिला पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है श्री सिंह ने कहा कि कल मतदानकर्मियों को ईवीएम संचालन का प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों के लिये रवाना किया जायेगा उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल प्रभावित दस विधानसभा क्षेत्रों में शाम चार बजे तक ही मतदान होगा पाटलिप्त्र संसदीय क्षेत्र के मसौढ़ी और पालीगंज सासाराम के भभूआ चैनपूर चेनारी और सासाराम तथा काराकाट के डिहरी काराकाट गोह और नवीनगर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा जबकि अन्य क्षेत्रों में मतदान सामान्य रूप से शाम छह बजे तक चलेगा डिहरी विधानसभा उप चूनाव के लिये भी इसी चरण में मतदान होना है लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के आज अंतिम दिन एनडीए और महागठबंधन के नेता कई जगहों पर चूनावी सभाओं को संबोधित करेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जहानाबाद के प्रभातनगर और टेट्आ पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के मखदुमपुर और पटना साहिब के फतुहा में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पटना साहिब के बांकीपूर बक्सर और आरा में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो करेंगे दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का बक्सर सासाराम काराकाट नालंदा आरा और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की आय की समीक्षा शुरू कर दी है पटना भागलपुर और मुजफ्फरपुर आयकर प्रक्षेत्र को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है चूनाव आयोग ने प्रदेश के चालीस लोकसभा क्षेत्रों के सभी छह सौ छब्बीस उम्मीदवारों की सूची विभाग को सौंप दी है आयकर विभाग तीन महीने के अंदर सभी उम्मीदवारों की आमदनी की जांच कर संबंधित रिपोर्ट आयोग को सौंपेगा राज्य के नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति से लेकर तबादले तक का लाभ मिलेगा शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के लिये तैयार सेवा शर्त नियामावली लोकसभा चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद संशोधित रूप से लागू होगी इसके तहत शिक्षकों का जिला स्तर पर तबादला हो सकेगा इधर राज्य सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों के वेतन लिये छह सौ अड़सठ करोड़ रूपये जारी कर दिये हैं सूजन घोटाला मामले में फरार चल रहे भागलपुर स्थित इंडियन बैंक के तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है उनकी गिरफ्तारी गया से हुयी है जांच एजेंसी की विशेष अदालत में पेशी के बाद उन्हें उनतीस मई तक के लिये बेउर जेल भेज दिया गया है इधर मामले की विभागीय जांच की सुनवाई के बाद पूर्व एडीएम राजीव रंजन सिंह को जेल के माध्यम से आरोप पत्र भेजे जाने का फैसला किया गया है प्रबा हवा चलने के कारण प्रदेश भर में लोगों को लू से राहत मिली है हालांकि वातावरण में नमी की मात्रा तिहत्तर फीसदी तक पहुंच जाने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना पड़ रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी बिहार में अभी भी एक ट्रफ लाइन बनी हुयी है जिसके प्रभाव से अगले अड़तालीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है इस दौरान तीस से पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका जतायी गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गयी सबसे अधिक किशनगंज जिले के बहादुरगंज में छब्बीस दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश हुयी है दानापुर रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग काम के कारण वाराणसी सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन इक्कीस जून तक रद्द रहेगी वहीं दीनदयाल उपाध्याय बक्सर पटना मेमू ट्रेन को भी तीस जून तक रद्द कर दिया गया है इसके अलावा कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है शेखप्रा जिले के सदर प्रखण्ड के मेहंस गांव में नोहरी पोखर की खूदाई के दौरान भगवान सूर्य की तीन मूर्तियां मिली हैं काले पत्थरों से बनी इन मूर्तियों की ऊंचाई चार फुट है स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार ये मूर्तियां पालकालीन हो सकती हैं जिला प्रशासन ने पुरातत्व निदेशालय को इस संबंध में सूचना दे दी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिये ऑनलाइन निबंधन की अंतिम तारीख पच्चीस मई तक बढ़ा दी है बीएड् पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये तीसरे चक्र की काउंसेलिंग आज से शुरू होगी नालंदा खूला विश्वविद्यालय ने इस संबंध में पांच हजार नौ सौ तीस चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है काउंसेलिंग प्रक्रिया बाईस मई तक चलेगी पटना विश्वविद्यालय ने स्नातक स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठयक्रमों में दाखिले के लिये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तेईस मई तक बढ़ा दी है कोयंबटूर में चल रही छत्तीसवीं राष्ट्रीय यूथ बालक और बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बिहार की बालक टीम ने पुल ए में शीर्ष स्थान पर रहते हुये मुख्य मुकाबले में जगह बना ली है खगड़िया में खेले जा रहे रणधीर वर्मा अंडर नाईंटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में मुजफ्फरपुर की टीम ने सीवान को चार विकेट से पराजित कर दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के प्रचार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है राहुल गांधी ने पटना से मांगा समर्थन दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है पति पत्नी को दी सत्ता तो थमा देंगे लालटेन दैनिक भास्कर ने लिखा है पटना साहिब व पाटलिपुत्र में चुनाव के लिये रहेगी पांच स्तरीय सुरक्षा केंद्रीय अर्द्व सैनिक बलों की पचपन कंपनियों को लगाया जायेगा राष्ट्रीय सहारा ने पश्चिम बंगाल में जारी घमासान को प्रमुखता देते हुये लिखा है मूर्ति पर महाभारत मोदी बोले तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने तोड़ी मूर्ति पुलिस मिटा रही सबूत आज लिखता है सबसे बड़े महापर्व का प्रचार आज थमेगा प्रभात खबर ने पटना के आईजीआईएमएस के एक रिसर्च से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है घरेलू कलह पति पत्नी को बना रहा बीमार

आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की आय की समीक्षा शुरू की

और पूरबा हवा चलने के कारण प्रदेशभर में लू से राहत